राज्य में अब तक एक लाख चौहतर हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है पहला टीका लेने के अठाइस दिन बाद कल से ब्रस्टर डोज लगाया जाएगा जो लोग पहले चरण में टीका नहीं ले पाए हैं उनके लिए भी टीका लगाने का मौका है झारखंड में लगभग साढ़े तीन लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था लेकिन अब तक करीब करीब पचास प्रतिशत को ही टीके लगे हैं रांची जिले में अब तक साढ़े सोलह हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण हुआ है इधर राज्य के विभिन्न जिलों में कल तिरेपन लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए राज्य में अबतक एक लाख सत्रह हजार छह सौ उनहतर लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार सौ छप्पन रह गई है राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पैंतालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें रांची के चौबीस पूर्वी सिंहभूम के दस धनबाद के पांच लातेहार के तीन सिमडेगा के दो तथा देवघर का एक नया संक्रमित शामिल है वहीं अन्य जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है राज्य में चौबीस घंटे के भीतर किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है

कल पंद्रह हजार आठ सौ अंठावन लोग कोविड से स्वस्थ हुए अब तक इस बीमारी से एक करोड पांच लाख नवासी हजार दो सौ तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख पैतीस हजार नौ सौ छब्बीस है देश में कल संक्रमण के नौ हजार तीन सौ नौ नये मामले सामने आए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई सतासी मौतों को मिलाकर अब तक एक लाख पचपन हजार चार सौ सैतालीस लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं अब तक एक करोड आठ लाख अस्सी हजार छह सौ तीन लोग कोविड संक्रमित हो चुके हैं देश में पचहतर लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाये जा चुके है

इस मिशन की घोषणा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी इस मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्द्धन और विकास करना है इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एन बी बी के माध्यम से लागू किया जा रहा है एनबीएचएम का उद्देश्य कृषि और गैर कृषि से जुड़े परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाना है साथ ही मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ाना बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास करना शामिल है बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र शहद परीक्षण प्रयोगशाला मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशाला एपीथेरपी केन्द्र सम्मिलित हैं

ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर प्रसन पंडा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात पर फोन करके स्टूडियों में बैठे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं आप शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं

यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड चौनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा

इसे लेकर सीबीएसई की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है बोर्ड ने सभी स्कूलों को ऑफलाइन क्लास के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है सभी राज्यों को अपनी राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए समय पर नया सत्र शुरू करने को कहा गया है सर्कुलर में नौवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने इन्हें सात साल की सजा सुनाई है इस मामले में लालू की ओर से अपील याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की गई है हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले में सुनवाई होगी इस मामले में अगर लालू को बेल मिली तो वे जेल से बाहर आ पायेंगे लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं

इस दौरान विधायक ढुलू महतो और निर्वाची पदाधिकारी ने अपने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में पक्ष रखा लेकिन चुनाव में बाघमारा से दावेदारी जताने वाले सभी उम्मीदवारों को अदालत में पक्ष रखने के लिए अदालत ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी

इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के अनुभव सुने किसानों ने बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम में जैविक प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती की विस्तृत जानकारियां मिलीं

तीन दिवसीय कार्यशाला में संथाल परगना खूंटी पालकोट रामगढ़ गोला पलामू दुमका पटमदा गुमला नारायणपुर जामताड़ा और गिरिडीह के महिला और युवा किसान शामिल थे कार्यक्रम में अतिथियों को सम्मानित किया गया

हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोविड से बचने के अन्य ऐहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए प्राकृ तिक गुफा के माध्यम से माता के दर्शन किए

दो दिवसीय इस चैंपियनशिप के पहले दिन कल पुरुष और महिलाओं की बीस किलोमीटर यॉक जबकि दूसरे दिन पैंतीस किलोमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए पचास किलोमीटर पुरुषों के लिए और दस किलोमीटर रेस वॉक बालक बालिकाओं के लिए आयोजित किया जाएगा कल सुबह छह बजे वॉक की शुरुआत होगी जबकि रविवार को सुबह साढ़े छह बजे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पचास किलोमीटर वॉक को इंडी दिखाकर रवाना करेंगे कल होने वाली महिला और पुरुषों की चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालीफायर होगी जबकि रविवार को होने वाली प्रतियोगिता के विजेता साल दो हजार बाइस में होने वाली वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगे

पूर्व में इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था जिसके बाद साक्षात्कार में शामिल चिकित्सकों की अहर्ता के अनुसार मेधा सूची जारी की गई कल सभी चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र दिया गया

पुलिस अधीक्षक मोहम्मद ैअर्शी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस को अफीम की खेती की जानकारी मिली जिसे सुरक्षाबलों ने नष्ट कर दिया है सरायकेला थाना के पाथरडीह गांव में अगलगी की घटना में पांच कच्चे मकान जल गए आग लगने की घटना खलिहान तक पहुंच गई जिससे धान में भी आग लग गई जैप के डीजी नीरज सिन्हा को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है उन्नीस सौ सतासी बैच के आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा के पास भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार था राज्य के प्रभारी डीजीपी एमवी राव अग्निशमन एवं गृह रक्षा वाहिनी के डीजी बने रहेंगे उत्तराखंड के चमोली हादसा में प्रभावित झारखंड के तैतीस लोगों का पता चल गया है वे सुरक्षित हैं और झारखंड वापस आना चाहते हैं